कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैक्सीन आ जाने के बाद उम्मीद है कि कोरोना का दौर अब समाप्ति की ओर है इससे पहले मुख्यमंत्री ने मनाली के समीप दशाल गांव जाकर भाजपा के पूर्व विधायक चन्द्रसेन ठाकुर की मृत्यु पर अफसोस जताया और परिजनों को सांत्वना दी जयराम ठाकुर ने कहा कि चन्द्रसेन ठाकुर ने क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए बाद में मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के घर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी शिक्षामंत्री गोविंद ठाकुर विधायक सुरेन्द्र शौरी और जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे

मुख्यमंत्री ने आज कुल्लू में विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने अधिकारियों को सभी विकासात्मक कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने जिले में कोविड की स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन में लोगों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी भारद्वाज ने कृष्णानगर में बने अम्बेडकर भवन में रह गई कुछ कमियों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया उन्होंने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का आहवान भी किया पूर्ण राज्यत्व तैयारी प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं

इसके अलावा जिला मुख्यालयों व सभी उपमण्डलों में भी पूर्ण राज्यत्व दिवस का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा

इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वंय सहायता समूहों और मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के प्रशिक्षकों व प्रशिक्षुओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा

शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने और राज्यस्तरीय स्कींईंग प्रतियोगिता आयोजित कराने की सम्भावनाओं को लेकर ऑल इंडिया स्की व स्नो बोर्ड फैडरेशन के महासचिव रूप चंद नेगी के नेतृत्व में आज एक विशेषज्ञ दल ने घाटी में स्की स्लोव का दौरा किया शीतकालीन खेलों के राज्य अध्यक्ष लुदर ठाकुर ने बताया कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस बार लाहौल में स्की प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी फैडरेशन के महासचिव रूप चंद नेगी ने बताया कि घाटी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करने से बच्चों की प्रतिभा में निखार आएगा